कहा यह हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाता है

प्रधानमंत्री तमिलनाडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन क्त्क द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक देश को समर्पित किया इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित हैं उन्होंने कहा कि ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं प्रधानमंत्री ने यहां पुलवामा हमले के बहादुर योद्वाओं को भी याद किया

उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं का उपयोग करके एक सबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं सीएम रैनबसेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा इंदौर में श्री चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को छत जरूर मिले मुख्यमंत्री ने इंदौर के सुखालिया और झाबुआ टावर स्थित रैन बसेरा में औचक निरीक्षण के दौरान यह बात कही

उमरिया के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान से जैविक खेती को नया आयाम दिया है गमलों में विभिन्न किस्मों की सब्जियां उगाने सफलता प्राप्त की है जो आम लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में एक पूर्वी हवा का ट्रफ बनने जा रहा है इस सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण मौसम का मिजाज बदलेगा इससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल से बादल छाने लगेंगे इस दौरान कुछ स्थानों पर बौछारें भी पड़ने की संभावना है

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरप्तार किया है